मुख्यमंत्री ने कहा राजस्थान को सुशासन के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद की बैठक में हुई संसाधनों के समुचित उपयोग पर चर्चा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

उन्होंने टीके का विकास करने वालों और निर्माताओं के प्रयास की सराहना की और इनके लिए सहायता तथा सुविधाएं जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की साथ ही अनुसंधान की प्रौद्योगिकी संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने और औषधियों के बारे में भी चर्चा की प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सीरो सर्वेक्षण और नमूनों की जांच को बढाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि नमूनों की जांच नियमित रूप से तेजी से की जानी चाहिए और यह सुविधा सभी के लिए कम खर्च पर जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए प्रधानमंत्री ने टीके के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यापक वितरण और डिलिवरी तंत्र का जायजा लिया बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयराघवन वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने भाग लिया

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी सरकारी बैठकें कोविड से संबंधित सावधानियां बरतते हुए शुरू की जाएं ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों को महामारी के बारे में जागरूक किया जा सके

यह दिवस सभी लोगों और विशेष रूप से वृद्ध लोगों को संकट से उबरने में वैश्विक एकजुटता की जरूरत और खाद्य प्रणाली को मजबूत बनाने पर बल देता है

विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में अजमेर नगर निगम द्वारा इंदिरा रसोइयों में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा

मुख्यमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि विशेषज्ञों की राय के आधार पर आर्थिक सुधार और संसाधनों का समुचित उपयोग कर राजस्थान को सुशासन के एक मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन इस दिशा में अहम कदम है बैठक में परिषद के सदस्य एवं जाने माने उद्योगपति एलएन मित्तल ने कहा कि उनका समूह सौर और पवन उर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश करेगा चर्चा में कई अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया

इस अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ्न शर्मा ने एनेस्थीसिया विशेषज्ञों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चिकित्सा विज्ञान की हर ब्रांच के साथ मिलकर चिकित्सा सेवाओं को सफल और सुरक्षित बनाने का कार्य कर रहे हैं

इसी कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में मशहूर गजल गायक अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन ने लोगों से इस रोग से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की है